वे आज विज्ञान और प्रौद्योगिकों के लिए उत्कृष्ट कला केंद्र का ईटानगर में स्थापना के लिए हए बैठक की अध्यक्षता करते हए यह बात कही श्री मैन ने कहा कि आज की अग्रिम प्रौद्योगिकी और नवाचार के दौर में उत्कृष्टता केंद्र होनी चाहिए जहां विभिन्न विषयों के लोग आकर अपनी संसाधनों को सांझा कर सके उन्होंने कहा कि अगर उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना हो जाती है तो सरकार सम्दाय शिक्षाविदों और छात्रों को ज्ञान सांझा करने और शिक्षा द्वारा कौशल और आऊटरिच प्रोग्राम और प्रशिक्षण के लिए स्विधा प्राप्त होगी

पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के ब्याज दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है

कोविड टीके को लेकर संशय द्र करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार सचित्र पोस्टर को जारी करते हए उन्होंने बताया कि देश में अब तक आठ लाख से अधिक लोगों को यह टीका लगाया गया है और बहत कम मामलों में इसके साइड इफेक्टस सामने आए हैं उन्होंने जोर देकर कहा कि दो स्वदेशी टीकों को पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कई देश इन टीकों को अपने यहां आयात करने के लिए भारत से संपर्क में हैं इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हए उन्होंने ने कहा कि चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने अतीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि यह द्र्भाग्यपूर्ण है कि क्छ लोग उन टीकों के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं जिसकी वजह से क्छ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक हो रही है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चौबीस घंटे के दौरान एक लाख इकतीस हजार छह सौ उनचास लोगों को टीके लगाए गए कर्नाटक में अब तक सबसे ज्यादा एक लाख इक्कीस हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए आंध्रप्रदेश में इक्यानबे हजार से अधिक और तेलंगाना में उनहत्तर हजार से भी अधिक लोगों को टीके लगाए गए

इस दौरान कल छह मरीज स्वस्थ हो गए है और स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव तीन नौ प्रतिशत है प्रदेश में वर्तमात कोरोना के छियालीस सक्रिय मामले है और अब तक बीमारी से छप्पन लोगों की जान जा च्की है

ईस्ट सियांग जिले के रायांग गांव में कल एक बैठक में शामिल होते हए उन्होंने स्थानीय लोगों से लोक कल्याणकारी गतिविधियों को प्राप्त करने में उन्हें आवश्यक प्रतिक्रिया देने को कहा इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया की सरकार पंचायत नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मुख्य ग्रामीण कार्यो को पंचायती नेता अग्रवाई करेंगे उन्होंने लोगों से सरकारी अधिकारियों को ठेकेदारी के काम के लिए परेशान करने के बजाय उनके साथ सहयोग करने की अपील की

इकतालीस किसान संगठनों और सरकार के बीच दसवें दौर की बैठक कल नई दिल्ली में हई थी इसमें केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया

राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरोना वायरस संकट के प्रति संघीय सरकार की कार्रवाई को मजब्रती प्रदान करने के लिए पंद्रह कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किये अन्य आदेशों में जलवाय़ परिवर्तन और आप्रवासन संबंधी ट्रम्प प्रशासन के निर्णय को बदला गया है अमरीका में चार लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई है महामारी के खिलाफ संघर्ष में समन्वय करने के लिए एक नया कार्यालय स्थापित करने और अमरीका के विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की प्रक्रिया को रोकने का भी निर्णय किया गया श्री बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष को प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता बनाने का भी संकल्प व्यक्त किया है